भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज राजगढ़ और पझोता में भाजपा प्रत्याशी रीना कश्यप के पक्ष में चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगें वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भी पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी गंगू राम मुसाफिर के पक्ष में वोट मांगेंगे इधर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में दोनों दलों के वरिष्ठ नेता प्रचार में डटे हैं

इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने कल शिमला में इस संबंध में हुई एक बैठक में बताया कि युवाओं में मादक पदार्थो के सेवन का बढ़ता प्रचलन एक चिंता का विषय बन गया है और इसीके मददेनजर ये विशेष अभियान चलाया जाएगा उन्होंने कहा कि नशा उन्मूलन के लिए जिला से ग्राम स्तर पर मॉनीटरिंग कमेटियां बनाई जाएंगीं जो अभियान को सफल बनाने में कारगर सिद्व होगी भुकंप राजधानी शिमला में कल रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए

भूकंप से किसी भी जान माल के नुकसान का समाचार नहीं है निष्ठा कार्यक्रम अध्यापक व विद्यालय प्रमुखों की क्षमता संवर्धन बढ़ाने के उदेश्य से कल शिमला में शिक्षकों के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा की शुरूआत हुई

इस प्रशिक्षण को दो चरणों में पूरा किया जाएगा

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में मुख्यमंत्री की घोषणा से जुड़ी खबर को आज समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

आपका फैसला का शीर्षक है देवी देवताओं के नजराने और बजंतरियों के भत्ते में बढ़ोतरी अजीत समाचार के अनुसार कुल्लू दशहरा में भाग लेने वाले देवी देवताओं के नजराने में होगी वृद्वि दैनिक जागरण ने खबर दी है बीसीसीआई में जाएंगे अरूण धूमल छोड़ना होगा एचपीसीए अध्यक्ष पद जबकि अमर उजाला लिखता है बीसीबीआई में अरूण ध्रमल का कोषाध्यक्ष बनना तय

अमर उजाला के मुताबिक बीसीआई में अरूण धूमल का कोषाध्यक्ष बनना तय

पंजाब केसरी ने एनजीटी के हवाले से सुर्खी दी है रोहतांग रोपवे के लिए वन्य जीव मंजूरी महीने में दिलाए हिमाचल सरकार दिव्य हिमाचल की एक खबर है हिमाचल में बढ़ा आईएएस काडर कार्मिक मंत्रालय ने जारी की काडर रिव्यू की नोटिफिकेशन

इसी समाचार पत्र ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है मंत्रिमंडल विस्तार विधानसभा उपचुनावों के बाद

हिमाचल दस्तक लिखता है दिवाली से पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की उम्मीद इसी समाचार पत्र के अनुसार ड्रग तस्करी पर और सख्त होगा कानून छात्रवृति घोटाले से संबंधित खबर पर पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है सीबीआई ने आठ लोगों से की पूछताछ